राज्य के कई जिलों में मानसूनी बारिश का दौर जारी किसानों के खिले चेहरे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इस योजना की तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये बात कही राज्य सरकार ने कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने के लिए ये योजना शुरु की है

रेल्वे स्टेशन बस स्टैंड अस्पताल और चौखटी पर रसोइयां खोली जाएंगी जहां लोगों की अधिक उपस्थिति रहती है

मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलक्टरों को इस योजना के संचालन के लिए सेवाभावी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं

कल शाम जैसलमेर के हवाई अड़डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बात कही

ये कोष फरीदाबाद भुवनेश्वर नई दिल्ली पुणे और बेंगलुरू में बनाए गये हैं

इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिवों को यह पत्र लिखा

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है

इस अवसर पर बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है वहीं भाइयों द्वारा बहनों को उपहार दिए जा रहे हैं

राज्य सरकार ने इस मौके पर महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है ये सुविधा प्रदेश की सीमा में यात्रा करने पर ही मिलेगी जयपुर की लो फुलोर बसों में भी ये सुविधा मिल रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में देशवासियों को रक्षा बंधन की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को रक्षा बंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्यौहार महिलाओं के प्रति आदर और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने संदेश में कहा कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक यह पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते और भारतीय संस्कृति में बेटियों के महत्व को दर्शाता है

स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग ध्यान केंद्रित करते हुए देश में स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है

इस अभियान के तहत पंचायती राज संस्थानों सहित सभी हितधारकों के निरंतर प्रयासों से दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के जीवनस्तर में सुधार हुआ है सरकार ने घर पर शौचालय न होने के कारण गरीबों विशेषकर महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है इन केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार तथा लोगों के प्रयासों से शत प्रतिशत खूले में शौच से मुक्ति मिली है

राजधानी जयपूर में सुबह से ही वर्षा हो रही है बारिश के कारण सड़कों पर जगह जगह पानी भरने से लोगों को असुविधा हुई दौसा में भी सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है जिले के लालसोट उपखंड में कुटक्या गांव का एनीकट ओवरफ्लो हो गया करौली जिले में प्रमुख नदियों और बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में भी आज सुबह से हो रही रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिली है

उन्हें इस पोर्टल पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप में चौदह दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे इसमें से सात दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा